महाराष्ट्र में यवतमाल के पंढर्कवाड़ा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे धैर्य बनाये रखे उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अपने सुख्ताबलों पर गर्व और पूरा विश्वास है सुख्ता बलों को स्थिति से निपटने की पूरी छूट दी गई है उधर पुलवामा आतंकी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति पर विचार के लिए नई दिल्लो में आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस जघन्य हमले की कड़ी निन्दा की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया बैठक में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों तथा आतंकवादियों को सीमापार से मिल रहे समर्थन की कड़ी निंदा की गई प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दृढ़ता और लचीलेपन का परिचय दिया है बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की उन्होंने राजनीतिक दलों को हमले और इस सिलसिले में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों की जानकारी दी बाद में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि बैठक में सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सरकार का समर्थन किया है

शहीदों को नम आंखों से पूरे राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम विदायी दी गयी शामली में दो जवानों प्रदीप और अमित कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया गया महराजगंज में पंकज त्रिपाठी और कन्नौज में प्रदीप यादव को भावभीनी अन्तिम विदायी दी गयी अन्येष्टि के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

सशस्त्र सीमा बल के कमाण्डेट प्रदीप कुमार ने बताया कि बलरामपुर जिले के बढ़नी और बहराइच जिले के रूपईडीहा सुहेलवा वन क्षेत्र और कतर्निया जंगल से सटे थाना क्षेत्रों में भारत नेपाल सीमा के पन्द्रह किलोमीटर दायरे में सघन तलाशी अभियान छेड़ा गया है सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों से आये लोगों की गहन पड़ताल की जा रही है

श्री नायडू प्रयागराज के कुंभ में संगम स्थल पर पूजा अर्चना के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उप राष्ट्रपति ने प्रयागराज में पवित्र अक्षय वट और सरस्वती कूप का दर्शन भी किया

श्री योगी ने चेतावनी दी है कि आपदा प्रमावितों को राहत और मदद पहुंचाने के काम में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी उन्होंने इस दैवीय आपदा के प्रत्येक मृतक के आश्रितों को चार लाख रूपये की सहायता राशि फौरन वितरित करने को कहा है

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में बेमौसम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो रही है मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को यह निर्देश पिछले कई दिनों से जारी बारिश ओलावृष्टि और आधी तूफान को देखते हुए दिया है गौरतलब है कि चौदह और पन्द्रह फरवरी को बारिश आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि से विभिन्न जिलों में छब्बीस लोगों की मौत हुई है और पांच लोग घायल हुए हैं

निवेश और विकास यात्रा में प्रदेश उदाहरण बन कर उभरा है कल लखनऊ में थिंक प्रोग्रेस थिंक यूपी विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के बारे में लगों का नज़रिया बदल गया है श्री योगी ने कहा कि पलैगशिप योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी है कुंभ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंम के भव्य और दिव्य आयोजन से देश विदेश में प्रदेश की सकारात्मक छवि बनी है अवस्थापना विकास के लिये किये जा रहे कामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वचल एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है और अगले चौबीस माह में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जायेगा